मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

और पूरे प्रदेश में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ा

राज्य सरकार ने संवेदनशील मुकदमों के गवाहों और उनके परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि गवाहों की सुरक्षा के लिए उनकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी इसके अलावा उनके घर पर सीसीटीवी सुरक्षा अलार्म दरवाजा और सुरक्षित फोन नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा गवाही के लिए कोर्ट आने जाने के समय सुरक्षाकर्मी और सरकारी वाहन उपलब्ध भी कराये जायेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है श्री राय आज पूर्वी चम्पारण जिले के चकिया में सीएए के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे

लोगों के जो शरणार्थी हैं आम भारतवासियों के हम तो कई प्रदेशों में गये है दिनमर लोगों के बीच में जो उत्साह है कि नहीं उसको यह न्याय मिलना चाहिए था उनको यह नागरिकता मिलनी चाहिए थी ऐसे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उनको यह अफवाह नहीं फैलाना चाहिए सभा को संबोधित करते हुये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएए को लेकर विपक्षी दलों पर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया वहीं स्थानीय सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सीएए से भारत के अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है इधर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी भाजपा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में लोगों को जागरूक करने के लिये सघन जनसम्पर्क अभियान चलाया गया स्कूली बच्चों से बातचीत का तीसरा संस्करण परीक्षा पे चर्चा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीस जनवरी को आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता से बातचीत में मुजफ्फरपुर के केन्द्रीय विद्यालय के छात्र हर्ष बाब्ला ने बताया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के संबोधन ने बोर्ड परीक्षा में छात्रों का तनाव कम करने में मदद की थी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा वर्ष दो हजार अठारह की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक घटनाओं के मामले में बिहार देशभर में पांचवे स्थान पर रहा दो हजार सत्रह में बिहार देश में छठे स्थान पर था ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हत्या के मामले में देश के उन्नीस महानगरों में पटना सबसे ऊपर है पटना में वर्ष दो हजार अठारह में इक्यानवे हत्याएं हुईं वहीं दहेज हत्या में मामले में भी पटना सबसे ऊपर है रिपोर्ट के अनुसार साल दो हजार अठारह में दहेज हत्या की चौबीस घटनाएं हुईं वहीं प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं में कमी दर्ज की गयी है एनसीआरबी के अनुसार दो हजार अठारह में दुष्कर्म की छह सौ इक्यावन घटनाएं हुईं सीबीआई ने पूर्वी चम्पारण जिले के रघुनाथपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित महिला सुधार सह अल्पावास गृह में बच्चियों के साथ हिंसा और अमर्यादित व्यवहार करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है पटना स्थित विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में आश्रय गृह के संचालक एनजीओ के आठ सदस्यों को आरोपी बनाया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है आज पटना में लुई ब्रेल की जयंती के समापन समारोह को संबोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी हैं वहीं नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत तीन से बढ़ा कर चार कर दिया गया है साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में उम्र सीमा में भी छूट दी गयी है उन्होंने कहा कि दृष्टि दिव्यांगों में नेत्र प्रत्यारोपण के लिए सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में आई बैंक खोलने का फैसला किया है संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के किदवईपूरी में डाक विभाग के बिहार सर्किल की ओर से विकसित किये गये पोस्टल पार्क का उद्घाटन किया इस पोस्टल पार्क में डाक विभाग की विभिन्न सुविधाओं के अलावा लोगों के लिए टहलने के लिए ट्रैक और बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था होगी श्री प्रसाद ने महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती के उपलक्ष्य में यहां गांधी जी बिहार में नाम से स्मृति पट्टिका का लोकापर्ण किया चुनाव आयोग के निर्देश पर कल ब्रथ स्तर पर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ नये नामों के दावे और सुधार के लिये आपत्तियां लेंगे इसके तहत अठारह वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे और किसी अन्य जगह नाम शामिल कराने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पन्द्रह जनवरी तक चलेगा सात फरवरी को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन होगा पछ्आ हवा चलने के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी बिहार में तापमान अभी और गिरेगा जबकि राज्य के शेष हिस्से में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा आज चार दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा डिहरी का न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके कारण तेरह से सोलह जनवरी के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है केन्द्र सरकार ने बिना विलंब शुल्क के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा सत्रह जनवरी तक बढ़ा दी है यह समय सीमा आज समाप्त हो रही थी सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में चार की संख्या में आये अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से एक लाख तिरासी हजार रूपये और लैपटॉप लूट लिये वहीं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा गांव के पास अपराधियों ने एक महिला से लगभग डेढ़ लाख रुपये लूट लिये दूसरी तरफ वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के लावपुर चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से पौने दो लाख रूपये लूट लिये

मुजफ्फरपुर स्थित केन्द्रीय कारा में पिछले दिनों हुई छापेमारी के दौरान मोबाईल फोन मिलने के मामले में चार कक्षपाल को निलंबित कर दिया गया है वहीं बारह अधिकारियों से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गयी है नवादा में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का फोल्डर जमा नहीं करने वाले नरहट के दो पंचायत सचिवों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में अभी भी जिले के चार पंचायत सचिव फरार हैं मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत प्रभात नगर मुहल्ला से दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कुख्यात हेरोईन तस्कर मोहम्मद सैदुल शेख को गिरफ्तार कर लिया है वैशाली जिले में जन्दाहा थानाक्षेत्र के डीह बुचौली गांव से पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने एक मिनी ट्रक से चार सौ बासठ कार्टन विदेशी शराब बरामद की अररिया की एक अदालत ने जिले के चर्चित जूनियर इंजीनियर हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है सभी पर सत्तर सत्तर हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया दोन में नाबार्ड के ग्राम्य विकास निधि के तहत पैंतालीस दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज से शुरूआत हुई

मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

और पूरे प्रदेश में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ा